इसमें विधानसभा के मॉनसून सत्र की तारीख तय होने को लेकर चर्चा होगी इसके अलावा बैठक में इंवेस्टर मीट को लेकर विभिन्न कम्पनियों के साथ हुए एमओयू को लेकर भी चर्चा संभावित है मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार द्वारा वर्षा जल संग्रहण पर बल दिया जा रहा है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश और देश के लोगों को जल संरक्षण के लिये जागरूक करना आवश्यक है मुख्यमंत्री कल शिमला में दैनिक समाचार पत्र द्वारा आयोजित जल जागरूकता कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे उन्होंने कहा कि वर्षा जल संग्रहण के लिये सभी को आगे आना चाहिये जिससे वर्षा का जल व्यर्थ न हो मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे न केवल भू जल के स्तर में सुधार होगा व लोगों को पर्याप्त पेयजल भी प्राप्त होगा मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जल संग्रहण के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों और संगठनों को प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया याचिका सर्वोच्च न्यायालय में प्रदेश सरकार की एनजीटी के फैसले के खिलाफ की गई याचिका को स्वीकार कर लिया है न्यायालय इस पर अक्तूबर माह में फैसला सुनाएगा गौरतलब है कि सरकार ने एनजीटी के फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि राज्य में अढ़ाई मंजिल भवन निर्माण की शर्त को हटाया जाए

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने इस पुस्तक को आम आदमी विधायकों और नीति निर्माताओं के लिये उपयोगी बताया मुख्य सचिव द्वारा लिखित इस पुस्तक का हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति वैंकेया नायड् द्वारा विमोचन किया गया है

बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि इसके बाद कोई भी मूल प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा

राजधानी शिमला व इसके आसपास के इलाकों में भी कल रात हल्की वर्षा होने के बाद आज दिन की शुरूआत घने बादलों व धूंध के साथ हुई है मौसम विभाग ने निचले व मध्यवर्ती क्षेत्रों के कई स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है विभाग ने राज्य के अधिकांश भागों में अगले तीन चार दिन तक वर्षा का क्रम जारी रहने की संभावना व्यक्त की है उधर किन्नौर जिले में काशंगनाला के पास चट़टाने खिसकने से राष्ट्रीय उच्च मार्ग पांच यातायात के लिए दिन भर बंद रहने के बाद शाम के समय खोल दिया गया अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने सोलन के कुमारहट्टी हादसे और राज्यपाल के बदलने की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है

अमर उजाला का शीर्षक है जिंदगियां बचाने रात भर जुटे रहे जवान ढाबा संचालक पर गैर इरादतन हत्या का केस

अमर उजाला का शीर्षक है कलराज मिश्र हिमाचल आचार्य देवव्रत होंगे गुजरात के राज्यपाल कृषि गोरक्षा और स्वच्छता में आचार्य देवव्रत ने चार सालों में किये कई कार्य दिव्य हिमाचल के शब्द हैं भाजपा के कलराज मिश्र हिमाचल के राज्यपाल

आपका फैसला के मुताबिक कलराज मिश्र हिमाचल के नए राज्यपाल आचार्य देवव्रत को ओम प्रकाश कोहली की जगह गुजरात का गवर्नर बनाया हिमाचल प्रदेश में सहकारी बैंकों के भ्रष्टाचार पर जल्द होगी एफआईआर शीर्षक से दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है गृह विभाग ने विजीलेंस को जांच आगे बढ़ाने के लिये दी अनुमति आपका फैसला लिखता है मंडी में स्थापित होगी एनडीआरएफ बटालियन प्रदेश सरकार ने तलाश की जमीन

नदी नालों में लगे स्टोन क्रशर होंगे बंद शीर्षक से पंजाब केसरी ने लिखा है एनजीटी ने नहीं माना हिमाचल का तर्क कहा दी गई व्यवस्था पर अमल करना होगा दैनिक भास्कर की खबर है हिमाचल में दूध के बाद दही लस्सी और मक्खन के रेट तीन से पांच रुपये बढ़े